मोदी दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे श्री मोदी धार के पीजी कालेज मैदान पर आयोजित विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे इस आयोजन में इंदौर और उज्जैन संभाग के कार्यकर्ता मुख्य रूप से शामिल होंगे इस बीच यहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह भी पहुंचे और रैली की तैयारियां का अवलोकन किया श्री मोदी की यात्रा के मद्देनजर धार में सुरक्षा के सख्त प्रबंध किए गए हैं यात्रा के मद्देनजर प्रशासनिक अमला भी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है सुरक्षा संबंधी सभी नियमों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है पार्टी सूत्रों के अनुसार श्री मोदी अहमदाबाद से विशेष विमान से रवाना होकर दो बजे इंदौर पहुंचेंगे इसके बाद वे हेलीकॉप्टर से धार आएंगे वे सभा को संबोधित करने के बाद इंदौर होते हुए वापस दिल्ली लौट जाएंगे प्रधानमंत्री की यात्रा के लिये राज्य सरकार ने स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट को इंदौर के लिये और वन मंत्री उमंग सिघार को धार के लिये जिम्मेदारी सौंपी है दोनों मंत्री प्रधानमंत्री के आगमन और प्रस्थान पर स्वागत करेंगे राष्ट्रपति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत शांति के प्रति वचनबद्ध है लेकिन अगर जरूरत हुई तो वह पूरी शक्ति के साथ अपनी प्रभुसत्ता की रक्षा करेगा उन्होंने कहा कि सशस्त्र सेनाएं देश की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध हैं और वायुसेना ने यह सिद्ध करके दिखा भी दिया है श्री कोविंद ने कहा कि देश ने सशस्त्र सेनाओं के साहस और समर्पण भावना को हाल में देखा है श्री कोविंद कोयम्बटूर के निकट सुलूर में आज सवेरे एक कार्यक्रम में बोल रहे थे जहां उन्होंने फाइव बेस रिपेयर डिपो और हैदराबाद के निकट हाकिमपेट केन्द्र को उल्लेखनीय कार्य के लिए ध्वज प्रदान किए

बाद में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इसलिए बदले की कार्रवाई की कोशिश की क्योंकि भारतीय वायुसेना को अपनी कार्रवाई में सफलता मिल रही थी एफएम ट्रांसमीटर केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि देश की संस्कृति से सभी को परिचित कराने में संचार माध्यम का महत्वपूर्ण योगदान है

श्री तोमर ने रेडियो की महत्ता और मन की बात कार्यक्रम के संस्मरणों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात के लिये रेडियो माध्यम को चुना क्योकि दूरदराज के क्षेत्रों में इसकी पहंच सुगमता के साथ व्यापक रूप से है श्री तोमर ने यह बात आज आकाशवाणी केन्द्र ग्वालियर के एफ एम ट्रांसमीटर लोकार्पण के अवसर पर कही यह एफएम ट्रांसमीटर नियमित रूप से विविध भारती के कार्यक्रमों को अनुप्रसारित करेगा ये प्रसारण एफएम बैण्ड एक सौ एक दशमलव आठ मेगा हट्ज पर उपलब्ध रहेगा

उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर सहित राज्य के प्रमुख मंदिरों में सुबह से ही श्रद्दालुओं की भारी भीड है मंदिरों में जलाभिषेक और पूजा अर्चना की गयी इस अवसर पर जगह जगह लोगों ने पंडाल लगाकर शिव बारातो का स्वागत किया राजधानी भोपाल के पुराने शहर से महादेव की बारात निकाली जा रही है वहीं खंडवा जिले की तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में मंदिर के पट तड़के तीन बजे से खुले है भगवान ओमकारेश्वर की पालकी निकाली गयी जो कोठी तीर्थघाट पहॅची जहां पूजा अर्चना के बाद भगवान को नौका विहार कराया गया और मंदिर से पालकी निकाली गयी शिवप्री जिले में भी महाशिवरात्रि के पर्व पर प्रमुख मंदिरों में श्रद्वालुओं की भारी भीड देखी जा रही है

हर वर्ष की तरह यहां सात दिवसीय मेला भी शुरू हो गया है जनजाति कल्याण मंत्री ओकार सिंह मरकाम ने अमरकंटक में महाशिवरात्रि मेले का उद्घाटन किया राज्य के अन्य जिलों से भी महाशिवरात्रि के पर्व के मनाये जाने के समाचार मिले है मकान चयन केन्द्र सरकार ने अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से हल्के मकानों का निर्माण करने के लिये प्रदेश में इंदौर शहर का चयन किया है केन्द्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने हल्के मकानों की परियोजना के लिये देश के छह शहरों की पहचान की है जो प्रयोगशाला के रूप में कार्य करेंगे ये छह शहर इंदौर के अलावा गुजरात का राजकोट झारखंड का रांची तमिलनाड़ का चैन्नई त्रिपुरा से अगरतला और उत्तरप्रदेश से लखनऊ का चयन किया गया है सूत्रों के अनुसार ये मकान सस्ते होंगे भूकंप रोधी होने के साथ साथ इन मकानों को जरूरत पड़ने पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकेगा

मौसम प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अगले चौबीस घंटो के दौरान गरज चमक के साथ बौछारें पडने से फिर एक बार ठंड बढ़ सकती है मौसम विभाग ने भोपाल छिदवाडा नरसिंहपुर विदिशा रायसेन और राजगढ़ जिले में हल्की बारिश होने की संभावना व्यक्त की है

राजधानी भोपाल और उसके आस पास के क्षेत्रों में आज सुबह से ही बादल छाये रहे और सूरज की लुका छिपी जारी रही

इसमें बिजली चोरी और अनियमितताओं के प्रकरण को समझौते के माध्यम से निपटारा किया जाएगा कंपनी द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की गई है कि वे अप्रिय कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें